ग्रीन जोन इलाकों में छूट

प्रदेश में राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी लागू हुई

केन्द्र सरकार ने मौजूदा लॉकडाउन की अवधि को चार मई से दो और सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला किया है गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है गृह मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है मंत्रालय ने विस्तारित अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं ये दिशा निर्देश देश के जिलों को रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन में विभक्त करते हुए उनमें निहित जोखिम पर आधारित हैं इन दिशा निर्देशों में ग्रीन और अॅरेंज जोन वाले जिलों में कई छूट दी गई हैं ग्रीन जोन वाले जिले वे होंगे जिनमें अब तक या पिछले इक्कीस दिन में कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया है रेड जोन वाले जिलों के लिए कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या कोरोना को पुष्ट मामलों के दोगुनी होने की दर और जांच तथा निगरानी की सीमा को ध्यान में रखा जाएगा रेड और ग्रीन जोन से बाहर के जिलों को ऑरेंज जोन माना जाएगा केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने बताया कि देश के एक सौ तीस जिलों को रेड जोन दो सौ चौरासी को ऑरेंज जोन और तीन सौ उन्नीस जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है ग्रीन जोन में प्रतिबन्धित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी नए दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्णबन्दी की विस्तारित अवधि के दौरान हवाई और रेल यातायात तथा मेट्रो और सड़क मार्ग से सामान्य अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति नहीं होगी लॉकडाउन के दौरान शिक्षण संस्थाएं होटल रेस्त्रां और सिनेमा हॉल जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थान नहीं ख़्लेंगे किसी सामाजिक राजनीतिक या धार्मिक उत्सव की भी अनुमति नहीं होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों के साथ कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की मुख्यमंत्री ने कहा कि कई राज्यों में फंसे श्रमिकों की चरणबद्व ढंग से वापसी कराई जायेगी घरों तक भेजने से पहले उनके स्वास्थ्य परीक्षण क्वारंटीन की अवधि में भोजन आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार अपने नागरिकों के हितों को सुरक्षित रखने की पूरी व्यवस्था कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कोविड अस्पतालों में बावन हजार बिस्तरों की व्यवस्था कराई जा रही है और इस महीने के अंत तक यह संख्या एक लाख तक करने की योजना है उन्होंने कहा कि लगभग बीस लाख श्रमिकों के खाते में एक हजार रूपये की अगली किस्त जमा कराई जा रही है प्रदेश के मनरेगा मजदूरों को छह सौ ग्यारह करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है तथा अट्ठारह करोड़ लोगों को राशन दिया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संकट की घड़ी में तात्कालिक दिक्कतों में धैर्य बनाये रख कर सभी लोग शासन का सहयोग करें उन्होंने बताया कि प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों और रियल स्टेट के जारी कामों को फिर से शुरू किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करके राष्ट्र निर्माण में सहयोग किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमेव जयते के संकल्प के साथ हम इस कठिन दौर से आसानी से निकल सकेंगे रेल मंत्रालय ने पूर्णबंदी के कारण विमिन्न राज्यों में फंसे कामगारों तीर्थ यात्रियों पर्यटकों विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाडियां चलाने का फैसला किया है ये रेलगाडियां दो राज्य सरकारों के अनुरोध पर केवल गंतव्य स्थान पर ही रुकेंगी इन रेलगाडियों के सहज संचालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी यात्रियों को संक्रमण मुक्त की गई बसों से स्टेशन लाकर जांच की जाएगी यात्रा के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा इन यात्रियों को मेजने वाली सरकार भोजन और पानी मुहैया कराएगी गंतव्य स्टेशन पर भी यात्रियों की जांच और संगरोध की व्यवस्था की जाएगी प्रदेश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी राज्य की सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर कल से लागू हो गई है राज्य सरकार के इस योजना को लागू करने के बाद अब देश के पन्द्रह राज्यों के राशन कार्डधारक सम्बंधित राज्य के राशन कार्ड पर प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक सौ सोलह नए मामले मिले हैं जिसके बाद राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर दो हजार तीन सौ अट्ठाईस हो गई है छः सौ चौवन लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं और बयालीस लोगों की मृत्यु हुई है प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या एक हजार छ सौ बत्तीस है राज्य में कल आगरा में सबसे अधिक उन्तीस नए मामलों की पुष्टि हुई गौतमबुद्व नगर और फिरोजाबाद में तेरह तेरह कानपुर नगर में बारह लखनऊ में आठ हापुड़ में सात सहारनपुर और एटा में पांच पांच संतकबीर नगर बांदा मेरठ और गाजियाबाद में तीन तीन बस्ती प्रतापगढ़ में दो दो और उन्नाव सम्भल भदोही प्रयागराज तथा हाथरस में एक एक व्यक्ति में कोविड नाइन्टीन संक्रमण की प्ष्टि हई है राज्य में कोरोना से संक्रमित होने वाले एक सौ चार व्यक्तियों को कल स्वस्थ हो जाने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई शामली जिला मास्क बनाने में प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है जिले में स्व सहायता समूह अब तक दो लाख बाइस हजार से अधिक मास्क तैयार कर चुके हैं इनमें से एक लाख बासठ हजार से अधिक मास्क का निःशुल्क वितरण किया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उपायुक्त ने बताया कि जिले को तीस हजार मास्क बनाने का लक्ष्य मिला था लेकिन जनपद ने प्रदेश में सबसे ज्यादा दो लाख बाइस हजार से अधिक मास्क बनाने का रिकार्ड बनाया है प्रदेश में गोरखपुर क्शीनगर बलरामपुर कानपुर सुल्तानपुर और औरैया सहित विभिन्न जनपदों में पिछले दो दिन से तेज हवाओं के साथ रूक रूक कर वर्षा के समाचार हैं मौसम में आए इस बदलाव से गेहूं की कटी फसल को भारी नुकसान पहुंचा हैं कई स्थानों पर मंडियों में खुले में रखा गेहूं भीग गया है जिससे किसानों को भारी क्षति हुई है मौसम विभाग ने फिलहाल मौसम के ऐसा ही बना रहने का अनुमान जताया है रामपुर और फतेहपुर समेत कई जनपदों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान के समाचार हैं उधर क्शीनगर जिले के हाटा नगर पालिका क्षेत्र के करमहा नगर में कल सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला सहित दो लोगों की मृत्यु हो गयी बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र के गांव रौसिंघापार में आधी में गिरे हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी और अब कुछ संक्षिप्त समाचार रामपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने और सामाजिक दूरी का पालन न करने पर जिला प्रशासन ने शहर के सिविल लाइंस स्थित एक अस्पताल को सील कर दिया है नगर मजिस्ट्रेट सर्वेश कमार गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं मिलीं जिसके बाद यह कार्रवाई की गयी पीलीमीत जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करके द्वान खोलने वाले छह दकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है एक क्लीनिक को भी सील कर के डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया अलीगढ़ में कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जिला प्रशासन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है जिलाधिकारी के निर्देश पर हॉटस्पॉट इलाकों में कोटेदार राशन वितरण का काम घर घर जाकर कर रहे हैं हॉटस्पॉट क्षेत्र उस्मानपाड़ा में अब तक चार सौ बयालीस घरों में राशन की होम डिलीवरी की गयी है आजमगढ़ जिले में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर कल जिलाधिकारी ने मनरेगा में तीन वर्ष तक लगातार प्रति वर्ष सौ दिन कार्य करने वाले कामगारों तथा श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को अंगवस्त्र सैनिटाइजर और मास्क देकर सम्मानित किया बलिया जिले में होम्योपैथिक विभाग सडसठ गांवों में निःशल्क होम्योपैथिक दवा का वितरण करेगा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ने बताया कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं का वितरण आयुष मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा